प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से साझा करेंगे अपने विचार सी बी एस ई की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं पन्द्रह फरवरी से होंगी शुरू पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में ठिदुरन और गलन बढ़ने से आम जन जीवन हुआ प्रमावित कई जिलों में विद्यालय बंद रखने के आदेश भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दल भ्रम और हिंसा फैला रहे हैं कल झारखंड में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि यह कानून किसी भी भारतीय को प्रभावित नहीं करता है

भारत के मुसलमानों को डराने के लिए यह लोग देश में झूठ और ध्रम का माहौल बना रहे हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कानून केवल उन्हीं लोगों पर लागू होगा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांगलादेश में वर्षो से धार्मिक उत्पीड़न के कारण पलायन कर भारत आए हैं केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के बीच इसे वापस लेने की संभावना से इंकार किया है एक निजी टीवी चैनल के साथ साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत भारत के किसी भी नागरिक के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा गृहमंत्री ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे इस मुद्दे पर छात्रों को गुमराह कर रहे हैं इससे पहले कल नई दिल्ली में एक पार्क की आधारशिला के कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि जो लोग नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हैं ये इसका विरोध कर सकते हैं लेकिन सरकार पिछले सत्तर वर्षो से शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने और सम्मानपूर्वक जीने का हक देने के लिए प्रतिबद्ध है इस के खिलाफ जारी प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हॉने कहा कि निहित राजनीतिक स्वार्थियों द्वारा इस मुद्दे पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है श्री शाह ने कहा मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जो राजनीतिक विरोध करना है वो करो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार फर्म है इन सभी शाणिथियां को नागरिकता मिलेगी वो भारत के नागरिक बनेंगे और सम्मान के साथ दुनिया के अंदर रहेंगे केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा कि शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करना नेहरू लियाकत समझौते का एक हिस्सा है जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सत्तर वर्ष के बाद लागू किया जा रहा है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के चलते पलायन कर भारत आए अत्यसंख्यक शरणार्थी नागरिकता संशोधन कानून के अन्तर्गत सम्मान के साथ भारतीय के रूप में रहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न धर्मो के धर्मगुरू मौलवी एवं प्रबुद्दजनों से संवाद स्थापित कर उन्हें बताएं कि नागरिकता संशोधन कानून किसी जाति मत या मजहब के खिलाफ नहीं है मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने आगजनी की है वे लोग छात्र नहीं बल्कि उपद्रवी है उन्होंने कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये

सत्र के पहले दिन कल प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिये चार हजार दो सौ दस करोड़ पच्चासी लाख रूपये से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया

सदन की कार्यवाही श्रू होते ही विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों खासकर सपा के नेताओं ने जोरदार हंगामा किया सपा के सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर वेल में पहुंच गये और नागरिकता संरोधन कानून महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाते हुए नारेबाजी करने लगे इस कारण विधानसभा की कार्यवाही को पहले आधे घंटे और उसके बाद पन्द्रह पन्द्रह मिनट के लिये दो बार स्थगित किया गया वहीं विपक्ष के हंगामे के कारण विधान परिषद की कार्यवाही भी पन्द्रह मिनट के लिये स्थगित रही विधानसभा में पेश किये गये अनुपूरक बजट में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना के लिये पांच सौ करोड़ रूपये बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे के लिये दो सौ करोड़ रूपये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हेत् लिये गये ऋण की समयपूर्व अदायगी के लिये नौ सौ साठ करोड़ रूपर्य तथा डिफेंस एक्सपो दो हजार बीस के आयोजन के लिये छियासी करोड़ रूपये का प्रस्ताव किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे लोग अपने संदेश एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य या नमो एप ओपन फोरम और माई जी ओ वी डॉट इन पर भेज सकते हैं एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल या एसएमएस से प्राप्त लिंक पर अपने सुझाव दे सकते हैं

बोर्ड ने कहा है कि मौजूदा सत्र की दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षा पन्द्रह फरवरी से गुरू होगी बारहवीं की परीक्षा पन्द्रह फरवरी से तीस मार्च तक और दसवीं की परीक्षा पन्द्रह फरवरी से बीस मार्च तक होगी सीबीएसई माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक दोनों बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करता है पहाड़ी क्षेत्रों में हुए हिमपात के कारण पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया है सर्द हवाओं ने ठिद्रन और गलन बढ़ा दी है जिससे आम जन जीवन प्रमावित हुआ है राज्य के अधिकांश हिस्सों में कल तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया प्रदेश में बरेली सबसे सर्द रहा जहां कल दिन का न्यूनतम तापमान बारह दशमलव एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया यह सामान्य से ग्यारह डिग्री सेल्सियस कम था लखनऊ कानपुर बागपत मेरठ मुरादाबाद पीलीभीत गोरखपुर अयोध्या कुशीनगर समेत विभिन्न जनपदों में तीव्र शीतलहर चलने और गलन बढ़ने के कारण लोगों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मौसम विमाग ने आगामी दिनों में ठंड के और बढ़ने की संभावना व्यक्त की है ठंड बढ़ने के कारण बागपत जौनपुर बरेली अमरोहा और बदायूं जनपदों में आज से अगले दो दिनों यानी बुधवार और बुहस्पतिवार को नर्सरी से कक्षा आठ तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है राजधानी लखनऊ में कक्षा एक से कक्षा बारह तक के विद्यालयों का समय सुबह दस बजे से दोपहर तीन बजे तक कर दिया गया है मैनपुरी में भी कक्षा आठ तक के सभी विद्यालयों का समय सुबह साढ़े दस बजे से तीन बजे तक करने के आदेश हैं पीलीभीत में आज से आगामी पांच जनवरी तक सभी विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि फास्टैग से टोल राजस्व वसूली में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई है जो सात करोड़ से बढ़कर पचासी करोड़ रूपये हो गया है नई दिल्ली में कल फास्टैग के बारे में जागरूकता के लिए टेलीविजन विज्ञापन जारी करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि नई प्रणाली से निर्दांध यातायात हो सकेगा वायु प्रदूषण में कमी आएगी और ईंधन की बचत होगी उन्होंने कहा कि अब तक एक करोड़ फास्टैग जारी किए गए हैं सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह की नई प्रणाली फास्टैग इस महीने की पन्द्रह तारीख से लागू की है देश के महान स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का बलिदान दिवस कल गोंडा के जिला कारागार में राजकीय सम्मान के साथ मनाया गया इस अवसर पर जिला कारागार में भारत मां के इस महान सपूत को श्रद्वासुमन अर्पित कर स्मरण किया गया महान क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को काकोरी कांड में शामिल होने के आरोप में अंग्रेजी शासन ने वर्ष उन्नीस सौ सत्ताइस में गोडा जिला कारागार में फासी दे दी थी दिल्ली की एक अदालत ने दो हजार सत्रह के उन्नाव दुष्कर्म मामले में भाजपा के पूर्व सदस्य और विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सजा देने की सुनवाई बीस दिसम्बर तक स्थगित कर दी न्यायालय ने सेंगर की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए उसके नामांकन पत्रों का विवरण मांगा है ताकि उस पर जुर्मना निर्धारित किया जा सके इस बीच केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो सीबीआई ने इस मामले में सेंगर को आजीवन कारावास की सजा की मांग की है